उन्होंने कहा कि तपोवन के आसपास लगते ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को आने जाने के लिए अस्थायी पास बनाए जाएंगे ताकि उन्हें सत्र के दौरान आवाजाही में किसी तरह की दिक्कत न हो झण्डा दिवस आज सशस्त्र बल झंडा दिवस है

इस दिन सशस्त्र बल कर्मियों के कल्याण के लिये लोगों से धन जुटाया जाता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले महीने आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में प्रत्येक नागरिक से सशस्त्र बल झंडा दिवस पर आगे आने और योगदान करने का अनुरोध किया था मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने भी इस अवसर पर लोगों से अधिक से अधिक दान देने की अपील की है गोविंद ठाकर वन मंत्री गोविंद ठाकुर ने कहा है कि मनाली और इसके आस पास के क्षेत्रों में विभिन्न विकास कार्यों के लिए करोड़ों रूपए की धनराशि मंजूर की गई है उन्होंने कहा कि इससे क्षेत्र में पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा गोविंद ठाकर ने सभी संबंधित विभागों के अधिकारियों को तय समय सीमा में इन विकास कार्यों को पूरा करने के निर्देश भी दिए स्वच्छता पखवाडा स्वच्छता पखवाड़ा के तहत राष्ट्रीय कैडेट कोर शिमला द्वारा आज राजकीय महाविद्यालय संजौली में स्वच्छता रैली आयोजित की जा रही है एनसीसी के अफसर कमांडिंग कर्नल सुनीत सांगटा ने बताया है कि प्लास्टिक से रक्षा स्वच्छता ही सुरक्षा का संदेश प्रदान करती इस रैली को शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज झंडी दिखाकर रवाना करेंगे

उन्होंने बताया कि रैली के दौरान आस पास के क्षेत्रों में साफ सफाई भी की जाएगी

विधानसभा उपाध्यक्ष हंसराज ने कल इसका श्भारम्भ किया

हंसराज ने कहा कि इलाके में अग्निकांड की अधिक घटनाएं होती हैं और अग्निशमन केंद्र खुलने से लोगों को सुविधा मिलेगी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 अमर उजाला की सुर्खी है राज्यपाल ने एचपीयू वीसी से तीन दिन में मांगा जवाब दीक्षांत समारोह में भाजपा नेता को सम्मानित करने पर नोटिस जारी राजपथ पर दिखेगी कुल्लू दशहरा की झांकी रघुनाथ जी के रथ के साथ देवता व परम्परागत वाद्ययंत्र होंगे शामिल दैनिक जागरण की खबर है मंडी इंटरनेशनल एयरपोर्ट की राह में रोड़ा शीर्षक से दिव्य हिमाचल ने लिखा है सुंदरनगर की पहाड़ी बनी बड़ी बाधा बड़े जहाजों की लैंडिंग सम्भव नहीं धर्मशाला में होने जा रहे विधानसभा सत्र पर हिमाचल दस्तक की सुर्खी है शीत सत्र में गरमाहट का मसाला तैयार इन्वेस्टर मीट के आंकड़ों खराब वर्दी नए एनएच पर घेरेगा विपक्ष